चार दिनों तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला धूमधाम से आरंभ

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि नशे जैसी सामाजिक बुराई को केवल कानून सख्त करके खत्म नहीं किया जा सकता इसके लिए समाज का जागरूक होना जरूरी है

मुख्यमंत्री ने छात्रों में नशे के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की और विद्यार्थी परिषद से नशे के विरूद्व जनआंदोलन खड़ा करने का आहवान किया जयराम ठाक्र ने विद्यार्थी परिषद के कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि ये छात्र संगठन जीवन के हर पहलू को छू रहा है और ये संगठन केवल छात्र गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है

लवी अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज ध्रमधाम से आरंभ हो गया मेले का श्भारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों से हिमाचल को नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्याद स्वयंसेवी संस्थाओं को नशा निवारण अभियान चलाना चाहिए ताकि समाज खासकर युवाओं को इस बुराई से बचाया जा सके उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी बल दिया और किसानों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि लवी मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है ये मेला न केवल व्यापारिक गतिविधियों के लिए बल्कि प्ररात्न दीर्घकालीन परम्पराओं के लिए भी प्रसिद्ध है उपायुक्त व मेला कमेटी के अध्यक्ष अभित कश्यप ने इस मौके पर राज्यपाल का स्वागत किया और मेले के इतिहास पर प्रकाश डाला

मुख्यमंत्री आज पंजाब के कपुरथला में श्री गुरू नानक देव जी स्टेडियम सुल्तानपुर लोधी में श्री बेर साहिब गुरूद्वारे में प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होर्ने कहा ँकि श्री गुरू नानक देव जी ँकी शिक्षाएं आज और भी प्रासंगिक हो गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरू नानक देव जी ने अपने आपको एक धर्म तक सीमित नहीं रखा जबकि सभी धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को अपनाया उन्होंने इस मौके पर गुरूद्वारा बेर साहिब में शीश भी नवाया

इन नेताओं ने अपने संदेश में कहा है कि श्री गुरू नानक देव सिंह जी ने सिक्ख पंथ की स्थापना कर और समाज में धार्मिक उपदेशों से उन कुरीतियों को दूर किया जो उस समय आपसी भाईचारे को खत्म कर रही थी उन्होंने कहा कि आज भी श्री गुरू नानक देव जी के उपदेश हमें सच्चे प्रेम और धर्म के रास्ते में चलने को प्रेरित करते हैं शिक्षा दिवस आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने इस मौके पर चूराह विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चांजू में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही इन्सान को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाती है

राजकीय महाविद्यालय ऊना में इस अवसर पर चित्रकला भाषण नारा लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

आजाद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई थी

महेन्द्र सिंह ठाकर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थें

मेहेन्द्र सिंह ने मौजूदा पीढ़ी से पारम्परिक खेती से बाहर निकल कर बागवानी की आध्रनिक तकनीक को अपनाने का आहवान किया उन्होंने ये भी कहा कि बागवानी से जुड़ने वालों को सरकार हरसंभव मदद देगी हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र के समाहल गांव की एक वृद्ध महिला को प्रताड़ित करने के मामले में प्रदेश सरकार से अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है

इस मामले पर सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति जयोत्सना दुआ की खंडपीठ में हुई

बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही बयानबाजी के लिए उसकी निंदा की है बिक्रम ठाकर ने आज कांगड़ा जिला के जदामन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की साफ सुथरी व्यवस्था पर विपक्ष के बेवजह आरोपो को सहन नहीं किया जाएगा उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्वे मंत्री जीएस बाली पर भी राजनीतिक हमला बोला और कहा कि बाली ने वीरभद्र सिंह का विरोध कर कांगड़ा जिले का सबसे अधिक नुकसान किया है

दर्रे पर बर्फीली हवाओं और तापमान में गिरावट के कारण अभी भी यातायात में बार बार बाधा आ रही है ऐसे में इस दर्रे पर यातायात जोखिम पूर्ण बना हुआ है इस बीच आज दिनभर प्रदेश में घने बादल छाए रहे जिससे अधिकतम तापमान में और गिरावट आई है

विभाग ने आज राज्य के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी की संभावना जताई है